केन्द्र ने कहा चीनी कम्पनियों को देश की किसी भी राजमार्ग परियोजना में भाग लेने की नहीं दी जायेगी अनुमति भारतीय वायु सेना ने टिड्डी नियंत्रण के लिए एयरबोर्न लॉकस्ट कंट्रोल सिस्टम किया तैयार पहली टेस्टिंग होगी आज जोधपुर में

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में वीडियो कांन्फ्रेंन्सिंग के जरिये मंत्री प्रभारी सचिव कलेक्टर पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि अनलॉक के तहत सशर्त छूटों से संक्रमितों की संख्या में वृद्वि होना चिंता का विषय है श्री गहलोत ने कहा कि मृत्यु दर को नगण्य करने और लोगों को इस बीमारी से बचाने के लिए गांव ढाणी और मोहल्ले तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया है उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री के बाद अब विधायक भी अपने क्षेत्र में पांच दिन तक लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करेंगे

मुख्य सचिव डी बी गुप्ता ने कहा कि जिन जिलों में प्रवासी श्रमिक अधिक संख्या में आये है वहां रेन्डम टेस्टिंग की नीति बनाई जा रही है

बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कल जिला मुख्यालय पर कोरोना जागरूकता प्रदर्शनी की शुरूआत हुई

इस बीच ब्रंदी में पुलिस की ओर से पैदल मार्च निकालकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेन्सिंग और मास्क पहनने का संदेश दिया गया

श्री पासवान ने कल वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी दी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराया कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भुखा नही रहे

श्री पासवान ने बताया कि सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखे गए है जिसमें उनसे एक देश एक राशनकार्ड योजना को लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है

उन्होंने कहा कि इसमें संयुक्त कंपनियां भी शामिल होंगी श्री गडकरी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीन की कंपनियां सुक्ष्म लघ् और मध्यम उद्योगों जैसे किसी भी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पायें उन्होंने कहा कि यह आत्मनिर्मर भारत बनाने की दिशा में एक कदम है उन्होंने कहा कि चीन की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की नीति जल्द ही जारी की जायेगी और राजमार्ग परियोजनाओं के प्रावधानों में छूट देकर भारतीय कंपनियों के भाग लेने की योग्यता में वृद्धि की जाएगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दीपचन्द की शहादत पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि दीपचन्द ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर वीरता की सर्वोच्च मिसाल कायम की है

इसकी पहली टेस्टिंग आज जोधपुर में होगी

यह चालीस मिनट में ऑपरेशन खत्म कर देगा

वहीं कई अन्य जिलों में बारिश की संभावना भी व्यक्त की गयी है राज्य में मानसून आने के बावजूद कई जिले लू और उमस की चपेट में है राजधानी जयपुर सहित बीकानेर चूरू श्रीगंगानगर हनुमानगढ और जैसलमेर जिलों में तेज गर्मी का दौर जारी है

हालांकि इस बीच कल शाम जयपुर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई